प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार प्रदान करने के बाद उन्हाने कहा कि व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों श्री नायडू ने कहा कि इस सिलसिले में आरोप प्रत्यारोप से किसी को फायदा नहीं होने वाला

श्री नायडू ने श्रम और रोजगार मंत्रालय से कहा कि वह श्रमिक वर्ग के कल्याण के लिए और कदम उठाए तथा कल्याण उपायों के क्रियान्वयन पर नजर रखे

इनमें श्रम रत्न श्रम भूषण श्रम वीर और श्रम वीरांगना तथा श्रमश्री और श्रम देवी पुरस्कार शामिल हैं सूचना और प्रसारण मंत्री स्मृति इरानी ने प्रसार भारती की विषय वस्तु को और समृद्ध बनाने पर जोर दिया है

उन्होंने कहा कि हर साल करदाता प्रसार भारती को दो हजार पांच सौ करोड़ रुपए देते हैं ताकि लोक प्रसारक आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रसारण के कार्यक्षेत्र को जीवंत और फलता फूलता हुआ बनाए रखा जा सके

भारत स्मार्ट फोन प्रयोग करने के मामले में चीन के बाद द्रसरे नंबर पर आता है

मूख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली के मददेनजर प्रदेश में शांति आर सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के सख्त निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने कल वीडियो कांफें सिंग क जरिये प्रदेश के समस्त प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और कहा कि होली का त्यौहार पूरी शांति और मार्यादा के साथ सम्पन्न होना चाहिए उन्होंने होली के त्योहार के दोनों दिन बिजली और पानी को आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये इसके साथ ही यह भी कहा कि किसी भी नई परम्परा को अनुमति नहीं दी जाये और परंपरागत आयोजनों को पूरी सुरक्षा मुहैया करायी जाये केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने बैंक ऋण धोखाधड़ी के एक मामले में उत्तर प्रदेश की प्राइवेट चीनी मिल सिंभावली शुगर लिमिटेड के आठ ठिकानों पर छापे मारे हैं कंपनी की दिल्ली हापुड़ और नोएडा स्थित फैक्ट्रियों और कार्यालयों पर छापे मारे गए

केन्द्र सरकार बडे शहरों में परिवहन की सभी सुविधाएं एक ही सथान पर उपलब्ध कराने के लिए देश के पन्द्रह शहरों में इण्टर मॉडल स्टेशन बनायेगी पायलट परियोजना के तौर पर वाराणसी और नागपुर में जल्दी ही इसकी शुरूआत की जायेगी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वाराणसी में इसके निर्माण की संभावना का आंकलन करते हुए व्यापक परियोजना रिपोर्ट डीपीआर भी तैयार कर ली है इण्टर मॉडल स्टेशन का मकसद यात्रियों को रेल बस टैक्सी ऑटो जलमार्ग और निजी परिवहन की सभी सुविधाएं एक ही जगह मुहैया कराना है ताकि यात्री शहरों की भीड़ भाड में फंसने से बच सकें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

पावर फाइनेंस कारपोरशन ने प्रदेश की तीन बिजली कम्पनियों के साथ राज्य की विद्युत परियोजनाओं के लिए कुल पचास हजार दो सौ करोड़ रूपये मुहैया कराने के समझौते किये हैं

विधानसभा की कार्यवाही आज श्रद्धांजलि सभा के बाद स्थगित कर दी गयी आज सदन में कोई कामकाज नहीं हुआ पिछले दिनों बिजनौर के नूरपुर से विधायक लोकेन्द्र सिंह चौहान का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था आज विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने उनके निधन पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए कहा कि श्री सिंह एक होनहार सामाजिक कार्यकर्ता थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लोकेन्द्र सिंह चौहान के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया

सुप्रसिद्ध अभिनेत्री श्रीदेवी का पार्थिव शरीर दुबई से आज देर रात मुंबई पहुंचने की संभावना है दिल का दौरा पड़ने से शनिवार रात दुबई में उनका निधन हो गया था हमारी संवाददाता ने बताया है कि भारतीय अधिकारी स्थानीय अधिकारियों के साथ उनके पार्थिव शरीर को भारत भेजने की प्रक्रिया में जुटे हुये हैं हापुड़ के पिलखुवा रेलवे स्टेशन के पास एक हादसे में पटरी पर बैठे पांच लोगों की ट्रेन से कटकर मृत्यु हो गयी

सभी लोग रेलवे ट्रैक पर बैठे थे हादसे में घायल कई अन्य लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है पूर्व मंत्रिमण्डल सचिव टी एस आर सुब्रमन्यन का आज निधन हो गया है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रक्षामंत्री निर्मला सीता रमण और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनके निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है लखनऊ मेट्रो के संचालन में होली के त्यौहार के मद्देनजर परिवर्तन किया गया है मेट्रो दो मार्च को सुबह नहीं चलेगी इस दिन पहली मेट्रो दोपहर ढ़ाई बजे से चलेगी जिसका संचालन रात्रि दस बज तक होगा मिर्जापुर के विंध्याचल में स्थित अष्टभुजा और कालीखोह मन्दिर में जल्दी रोप वे का निर्माण शुरू किया जायेगा शासन ने इसके लिए बारह करोड़ रूपये का बजट आवंटित किया है